इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों पर काम के अधिक बोझ को दूर करना और चिकित्सकों रोगियों के वैश्विक अनुपात को बनाए रखना है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राज्यों से दूर दराज इलाकों में कार्यरत चिकित्सकों और अर्द्व चिकित्सा कर्मियों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान करने को भी कहा गया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में मिले सशक्त व निर्णायक नेतृत्व को जनता ने दिल से स्वीकार किया है मण्डी में आज भाजपा सदस्यता अभियान की कार्यशाला में उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की नीतियों और नीयत पर विश्वास कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का एकमात्र लक्ष्य देश को परम वैभव की स्थिति में ले जाना है इसके लिए सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का सही ढंग से कार्यान्वयन होना बेहद ज़रूरी है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि एनडीए सरकार ने कमोडिटी बाजार और इक्विटी को एक जैसा आधार प्रदान किया है इसके अलावा सरकार ने इस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है जिसके परिणाम स्वरूप बाज़ार की पहुंच बढ़ी है अनुराग ठाकुर नई दिल्ली में रोज़गार सुजन और सतत विकास के लिए भारतीय कमोडिटी मार्केट का निर्माण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कमोडिटी बाज़ार को रोज़गार सुजन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को सुरक्षित मैकेनिज़्म प्रदान करने की ज़रूरत है राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी हद तक रसायनिक कृषि को ज़िम्मेदार ठहराया है वे आज सोलन ज़िले के कठनी में योग साधना शिविर के शुभारम्भ पर बोल रहे थे उन्होंने आहार की शुद्धि के लिए विश्व में कृषि व्यवस्था को प्राकृतिक तौर पर करने की ज़रूरत पर बल दिया आचार्य देवव्रत ने कहा कि मनुष्य के सर्वागीण विकास का एकमात्र विकल्प प्राकृतिक खेती ही बचा है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी इस दौरान मौजूद रहे निर्देश ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले की पनोह मरोला पंचायत में तारकोल प्लांट दो दिन में बंद करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि यदि प्लांट बंद नहीं किया तो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी वीरेन्द्र कंवर ने पूछा कि विभाग और पंचायत की अनुमति के बिना ये प्लांट कैसे चल रहा है इस संबंध में एक प्रतिनिधि मण्डल ने ग्रामीण विकास मंत्री को बताया कि तारकोल प्लांट से क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है

उन्होंने कहा कि ये योजना निर्धन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है

मौसम प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है और आज भी अनेक भागों में मूसलाधार वर्षा हुई मौसम के इस मिजाज से जहां गर्मी से राहत मिल रही है वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्का भूस्खलन भी हुआ है वर्षा से नदी नालों के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है

भारी वर्षा के चलते सोलन जिले के रबौण में निर्माणाधीन फोरलेन के साथ लगते एक मकान में पानी भर गया जबकि सपरून में दो मकानों के गिरने का खतरा बन गया है लोगों ने इसके लिए फोरलेन कम्पनी की लापरवाही को ज़िम्मेदार ठहराया है राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में भी आज सबह जमकर वर्षा हई जबकि दोपहर बाद से हल्के बादल छाए हए हैं

चेतावनी सतलुज नदी में जलस्तर में वृद्वि को देखते हए नाथपा बांध से किसी भी समय पानी छोड़ा जा सकता है ऐसे में आपदा प्रबंधन सैल ने लोगों को एहतियात बरतने और नदी किनारे न जाने की सलाह दी है

चम्बा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पंजपुला के समीप आज सुबह एक कार के खाई में गिरने से एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए